उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविड स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोम के कारण कई स्थानों पर बदला मौसम का मिज़ाज अगले दो दिन तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने के आसार कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया

उन्होंने कहा कि नई नीति जाने माने शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दृष्टिकोण के अनुरूप ही है

केन्द्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति शीघ्र देने की प्रक्रिया में है इससे देश में टीकाकरण की गति और दायरा बढाने में मदद मिलेगी

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं ये भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम्बेडकर जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विट कर बाबासाहब को श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वसमाज की भूमिका शांतिपूर्ण प्रदेश के लिए विषय पर एक राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया

प्रदेश के जैसलमेर करौली जालौर सिरोही धौलपुर झालावाड़ और बारां सहित अन्य जिलों में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बाबा साहेब को श्रद्वासुमन अर्पित किये जैसलमेर में दीपमाला का आयोजन किया गया इस अवसर पर सवाईमाघोपुर में मास्क और सैनेटाइजर वितरित किये गये साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया ब्रंदी में भी निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया

प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर ही मतदाताओं से सम्पर्क कर सकेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गप्ता ने उम्मीदवारों और समर्थकों से जनसंपर्क के दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना की अपील की है उप चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने में लगी है

हालांकि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ये सेवायें फिलहाल बंद रहेगी छबड़ा कस्बे में कर्फ्यू आज चौथे दिन भी जारी रहा

पिछले कुछ दिनों से जारी तेज गर्मी के बाद जयपुर सहित कुछ स्थानों पर दोपहर से तेज हवाए और धूल भरी आंधी चलने के समाचार है मौसम विभाग ने किसानों को खलिहान में पड़ी फसलों का सुरक्षित स्थान पर भण्डारण करने की सलाह दी है विमाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले दो दिनों में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर धुलभरी आंधी चलने की संभावना है कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है

मंदिरों में भी सिंजारा उत्सव खीर और घेवर के भोग के साथ मनाया जा रहा है गणगौर का पर्व कल मनाया जायेगा कोविड महामारी को देखते हये इस बार जयपुर में गणगौर की सवारी नहीं निकलेगी और गणगौर मेला भी नहीं भरेगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है उन्होंने कहा कि इससे समानता भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है